पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के कई इलाकों में गरज चमक के साथ वर्षा और आंधी की मौसम विभाग ने दी चेतावनी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार और इसकी कार्य कुशलता बढ़ाते समय उपभोक्ताओं की संतुष्टि पर जोर दिया ह प्रधानमंत्री ने कल शाम बिजली मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा के दौरान विभिन्न प्रदेशों में बिजली क्षेत्र की समस्याओं विशेषकर बिजली वितरण की ओर ध्यान दिलाया श्री मोदी ने बिजली मंत्रालय से सुनिश्चित करने को कहा कि वितरण कम्पनियों को समय समय पर अपने कार्य प्रदर्शन की जानकारी देनी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि दूसरे राज्यों की तुलना में उनके यहां कम्पनियां कैसा कार्य कर रही हैं उन्होंने कृषि क्षेत्र की सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के लिए समग्र द्रष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया जिसमें सौर जल पम्प और विकेंद्रीकृत सौर शीत भंडारण शामिल है उन्होंने छतों पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए नई तकनीक की जरूरत पर भी बल देते हुए कहा कि हर राज्य में कम से कम एक शहर छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए पूरी तरह सुसज्जित होना चाहिए श्री मोदी ने कार्बन रहित लद्दाख योजना में तेजी लाने और सौर तथा पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए तटीय इलाकों में पेयजल उपलब्ध कराने की जरूरत पर भी जोर दिया

उन्होंने आपातकालीन सेवाओं और आइसोलेशन वार्ड में उपलब्ध सुविधाओं पर संतोष जताया और अस्पताल के चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिये प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनोश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने त्रिस्तीय कोविड अस्पतालों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने क्वारंटीन सेन्टरों में पल्स आक्सीमीटर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने को भी कहा है

श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कन्टेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को सुचारु ढंग से संचालित किया जाए सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन कराया जाए पुलिस द्वारा सघन एवं नियमित पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ एकत्र न होने पाए

जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके राशन कार्ड प्राथमिकता पर बनाएं जाएं हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को खाद्यान्न उपलब्ध हो जाए प्रदेश में कई औद्योगिक घराने और उद्यमियों ने अन्य राज्यों से वापस आए मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की ह औद्योगिक समूहों ने स्किल मैपिंग डाटा बैंक से पांच लाख से अधिक मजदूरों का विवरण मांगा है

सरकार ने हर औद्योगिक इकाई से उसकी कुशल और अकुशल मजदूरों की कुल जरूरत की पूरी जानकारी मांगी है कामगारों को अप्रेंटिस और उनके प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें भत्ता दिए जाने की भी योजना है प्रदेश में अब तक पन्द्रह लाख से अधिक प्रवासी कामगार स्किल मैपिंग योजना के पहले चरण के तहत अपना पंजीकरण करवा चुके हैं सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं पर कार्य निरन्तर जारी रखने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने कहा कि निर्माण परियोजनाओं में श्रमिकों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सुजित किए जाएं और परियोजनाओं में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय अपनाते हुए कार्य सम्पादित किये जायें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

इस समय प्रदेश में इस संक्रमण के एक हजार दो सौ से अधिक एक्टिव मामले हैं

इस समय दो हजार नौ सौ अड़तालीस लोगों का विभिन्न अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा है तथा लगभग साढ़े आठ हजार लोगों को क्वारंटीन सेन्टरों में रखा गया है प्रदेश में तीन हजार दो सौ अठहत्तर हॉटस्पॉट इलाकों के अलावा गैर हॉटस्पॉट इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है प्रदेश में आशा वर्करों के माध्यम से भी बाहर से आने वाले लोगों का सर्वे कराया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में लॉकडाउन लागू करने के कई फायदे हुए हैं सबसे बडा फायदा यह हुआ है कि इसने कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव की दर को कम कर दिया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार पूर्णबंदी लागू करने से मौत और संक्रमण के फैलाव को रोका जा सका है आरोग्य सेत् एप के रूप में महामारी से पीडित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों पर नजर रखने की प्रणाली सुदृढ हुई है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कोरोना महामारी के दौरान माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए रोकथाम क्षेत्र में कैल्शियम जीवन रक्षक घोल जिंक गर्भ निरोधक और आयरन की गोलियों जैसी आवश्यक वस्त्रओं की होम डिलिवरी की व्यवस्था करें उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी ट्वीट संदेश में श्री नायड्र ने कहा कि वीर सावरकर एक बहुआयामी व्यक्तितत्व स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक अद्वितीय लेखक और राजनीतिक विचारक थे प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि वीर सावरकर की बहादुरी स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सुधार में अग्रणी योगदान हमेशा याद किया जाएगा देश के उत्तर पश्चिम और मध्यवर्ती भागों में भीषण गरमी और लू का प्रकोप जारी है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी तापमान के बढ़ने से सामान्य जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है मौसम विभाग ने आज शाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखंड के क्षेत्र में गरज चमक के साथ वर्षा तथा आंधी का अनुमान व्यक्त किया है इन क्षेत्रों के जिलाधिकारियों को इस आशय की जानकारी दे दी गई है

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान जो छात्र दूसरे राज्य या जिले में चले गए हैं वे वहीं से इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमो का कथक केन्द्र पहली जून से ऑनलाइन कथक कार्यशाला पहली जून से प्रारम्भ कर रहा है

अकादमी के सचिव तरुण राज ने बताया कि केन्द्र प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में कथक प्रस्तुतिपरक कार्यशाला कराता रहा है इस वर्ष कोरोना संकट काल के कारण ऑनलाइन कार्यशालाएं संचालित करने का निर्णय किया गया है